इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग आर्टीफीशियल इंटेलीजैंस ए आई पर एक ऑन लाइन सम्मेलन कल से नौ अक्टूबर तक आयोजित कर रहे हैं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सबका साथ सबका विकास नारे की भावना के अन्रूप आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स का इस्तेमाल समावेशित विकास और सबके लिए उपलब्धता कराने की योजना है प्रधानमंत्री के निर्देशों के अन्सार भारत जल्दी ही अंतर्राष्ट्रीय सम्दाय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स के क्षेत्र में शीर्ष नेता के तौर पर स्थापित होगा और सामाजिक विकास में इसके इस्तेमाल का आदर्श बनेगा

संक्रमण से ठीक होने के मामले में भारत का विश्व में पहला स्थान है

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सक्रिय मामलों की त्लना में स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ रही है

राज्य में कोविड संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या तीन हजार से ज्यादा है जबकि संक्रमण की दर उनतीस दशमलव एक एक प्रतिशत बनी हुई है राज्य के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अन्सार शनिवार को आए मामलों में से सबसे ज्यादा संक्रमण के अस्सी मामले ईटानगर राजधानी क्षेत्र से दर्ज किए गए हैं वहीं चांगलांग से सोलह वेस्ट सियांग और तिरप से चौदह चौदह मामले कामले से ग्यारह ईस्ट सियांग़ से दस लोहित से नौ मामले सामने आए है

इस बैठक में विधायक जिक्के ताको और वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया बैठक के दौरान कोविड महामारी के चलते मुख्यालय में बैठे अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने पोस्टिंग प्लेस में रहने विकास परियोजनाओं को श्रु करने सेकेंडरी स्कुल के शैक्षणिक सत्र को श्रु करने सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया ताली में नवनिर्मित सामुदायिक भवन का उदघाटन स्थानीय विधायक जिक्के ताको ने किया उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों में कर्मियों की उपस्थिति स्निश्चित की जाएगी और आधारभूत विकास परियोजनाओं को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाएगा ए डी सी किपा राजा ने कहा कि पिप सोरांग अंचल में सड़क संपर्क की कमी है और इस क्षेत्र के गंभीर रोगियों को हेलीकॉप्टर की सहायता से अस्पतालों तक पहुंचाया जाता है

पश्ओं के अधिकारों और उनके कल्याण पर जागरुकता के लिए महान पश् संरक्षक असीसी क्रेसेंट फ्रांसिस के जन्मदिन चार अक्ट्रबर को प्रतिवर्ष विश्व पश् दिवस मनाया जाता है इधर राज्य में द्र्लभ प्रजातियों के रेड पांडा वेस्ट कामेंग जिले के च्ग वैली में एक बार फिर दिखाई दिया है असम के एक फोटो पत्रकार ने इस वन्यजीव का फोटो अपने कैमरे में कैद किया है रेड पांडा आम तौर पर भारत तिब्बत नेपाल भूटान और चीन के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में पाया जाता है बेहद शर्मीले स्वभाव के माने जाने वाले यह वन्य जीव लोगों को सामने नही आता इधर म्ख्यमंत्री पेमा खाण्ड् ने अपने एक ट्वीट में च्ग वैली में रेड पांडा के दिखाई पड़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की है श्री खाण्ड्र ने कहा है कि वाईल्ड लाइफ और इको सिस्टम के संरक्षण के लिए च्ग वैली के सम्दायों ने इस क्षेत्र को साम्दायिक संरक्षण क्षेत्र घोषित किया है

अस्पताल के आठ कर्मचारी कोविड पॉजिटीव पाए गए है